कोविड वैक्सीनन पूरी तरह सुरक्षित है टीकाकरण के लिए आगे आएं अफवाहों पर विश्वा स न करे यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्की पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है रबी की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए हरियाणा सरकार ने मंडी स्तर की सभी तैयारियां कर ली हैं रबी फसलों की खरीद दो चरणों में शुरू होगी

श्री दृष्यंत चौटाला ने रबी की फसलों की खरीद को लेकर खरीद प्रक्रिया से जुड़े उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी के दास समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे इस बैठक में खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने और किसानों आढ़तियों को किसी प्रकार की समस्या न आए समय पर उठान बारे आवश्यक निर्देश दिए गए

हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा है कि प्रदेश के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिले इसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के हर ब्लाक में मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने का निर्णय लिया है डॉ बनवारी लाल रेवाड़ी के बावल खण्ड के गढ़ी बोलनी गांव के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन करने के उपरांत लोगों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि रेवाडी जिला के पांच षिक्षा खण्डों में एक एक स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल का दर्जा दिया गया है जिनमें बावल खण्ड के गढी बोलनी खोल खण्ड के पिथड़वास नाहड खण्ड के गुडियानी रेवाडी खण्ड के ततारपुर व जाटूसाना खण्ड के बोडिया कमालपुर का स्कूल शामिल हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में आयुर्वेद और पारंपरिक औषधियों को वैष्विक स्तरपर लोकप्रिय बनाने का बेहतर समय है वे वर्चुअल माध्यम से करवाए गए चौथे वैष्यिक आयुर्वेद उत्सव को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ रही है उन्होंने कहा कि लोग आयुर्वेद के फायदों और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढाने में इसके महत्व को समझ रहे हैं प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद जगत को पूरी मदद देने का आष्वासन भी दिया उन्होंने कहा कि किफायती सेवाओं के माध्यम से आयुष चिकित्सा प्रणाली को बढावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिषन शुरू किया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद में बहत सी बीमारियों का इलाज है और इसे समूचे मानव विज्ञान के रूप में देखा जा सकता है

उन्होंने कहा कि विष्व स्तर पर स्वास्थ्य संभाल का यह सही समय है

केन्द्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने पंचकूला में मनसा देवी कॉम्पलैक्स स्थित डिस्पेंसरी में जाकर लोगों को कोविड का टीका लगवानेके लिए प्रोत्साहितकिया

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गूर्जर ने गांव नीमका की गौषाला में पश् चिकित्सालय का लोकार्पण किया उन्होंने कहा कि बेजुबान पष्ट पक्षियों की सेवा करने से मन और आत्मका को शांति मिलती है श्री गूर्जर ने कहा कि बेजूबान पषुओं की पीड़ा जानकर उनकी सेवा करना और उनके दुख को दूर करना सबसे बड़ा धर्म है हरियाणा के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के राज्यमंत्री श्री अनूप धानक ने बजट में महत्वपूर्ण स्मारकों को विकसित करने के प्रावधानों के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री श्री दृष्यंत चौटाला का आभार व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि राखीगढ़ी में निर्माणाधीन संग्रहालय और फतेहाबाद में पूर्व हड़प्पा स्थल पर एक साइट संग्रहालय की स्थापना राज्य के लिए अमुल्य संपत्ति साबित होंगे राज्यमंत्री ने कहा कि बजट सभी की उम्मीदों पर खरा उतरा है और यह हरियाणा के विकास और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करने में मदद करेगा

ये भुवनेष्वर के लिए बहुत जल्द रवाना होंगी खेल मंत्री आज मारकण्डेष्वर शाहबाद हॉकी स्टेडियम में चैंपियनषिप के लिए चयनित लड़कियों को मिलने पहुंचे थे

अंबाला के विधायक असीम गोयल ने जिला अंबाला को अनीमिया मुक्त बनाने के दृष्टिगत आज पुराने सिविल अस्पताल से एक प्रचार वाहन को रवाना किया उन्होंने कहा कि अंबाला को अनीमिया मुक्त करने के लिए अभियान को सफल बनाने में हम सबको आगे आने की जरूरत है हरियाणा के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सहायक निदेषक रितु सिंगला ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना शुरू की है